आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत के लिए पहली बार निर्वाचन आयोग शुरू कर रहा है मोबाइल ऐप सी विजिल छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां यह सुविधा सबसे पहले शुरू हो रही है कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि दे रहा है

इसी के साथ कल से ही नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा इस दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत के लिए पहली बार इंटरनेट आधारित मोबाइल ऐप सी विजिल शुरू किया जा रहा है छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां यह सुविधा कल से शुरू हो जाएगी चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के मुताबिक पहले चरण में बारह नवंबर को छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित इलाकों के अट्ठारह विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे इनमें खैरागढ़ डोंगरगढ़ राजनांदगांव डोंगरगांव खूज्जी मोहला मानपूर अंतागढ़ भानुप्रतापपूर कांकेर केशकाल कोंडागांव नारायणपूर बस्तर जगदलपुर चित्रकोट दंतेवाड़ा बीजापुर और कोंटा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं पहले चरण के चुनाव के लिए तेईस अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे नामांकन पत्रों की जांच चौबीस अक्टूबर को होगी छब्बीस अक्टूबर तक अभ्यर्थी नाम वापस ले सकेंगे और बारह नवंबर को मतदान कराया जाएगा

गौरतलब है कि सी विजिल यानी सिटीज़न विजिल मोबाइल ऐप देश में पहली बार छत्तीसगढ़ में हो रहे विधानसभा चुनाव में प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया जा रहा है इस मोबाइल ऐप का उपयोग छत्तीसगढ़ सहित चुनाव वाले अन्य राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान ही किया जाएगा इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सी विजिल ऐप के माध्यम से आम नागरिकों को मौके से आचार संहिता के उल्लंघन की सूचना फोटो या वीडियो के जरिये भेजने का अवसर प्राप्त होगा छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि इससे स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी सी विजिल एक सिटीजन सैंट्रिक एन्ड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप है जिसकी सहायता से कोई भी नागरिक निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में कोई भी गतिविधि उनको दिख रही है तो उसकी ऑन लाइन सूचना सक्षम अधिकारी को दे सकते हैं सी विजिल ऐप के जरिये प्राप्त शिकायतों पर चुनाव आयोग के विभिन्न दल मौके पर पहुंचकर समय सीमा के भीतर जरूरी कार्रवाई करेंगे विकल्प शुक्ला आकाशवाणी समाचार रायपुर मतदाता जागरूकता अभियान मतदाता जागरूकता अभियान के तहत शत प्रतिशत मतदान कराने के लिए ईव्हीएम और वीवीपैट मशीनों का प्रदर्शन प्रत्येक मतदान केंद्रों और हाट बाजारों के अलावा कम मतदान होने वाले केंद्रों में किया जा रहा है दिव्यांगजन कृष्ठ प्रभावित व्यक्ति तृतीय लिंग राजनीतिक दल और उनके प्रतिनिधि के अलावा मीडिया अधिवक्ता संघ चेम्बर ऑफ कॉमर्स समाजसेवी संगठन महिला मंडल रेलवे और बस स्टैण्ड तथा सार्वजनिक स्थलों में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रदर्शन कर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है इधर रायगढ़ में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत स्कूल मैदान में डांडिया का आयोजन किया गया कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी शम्मी आबिदी ने युवाओं से आव्हान किया कि अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में वे अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें वहीं राजनांदगांव में शत प्रतिशत मतदान को लेकर दिग्विजय महाविद्यालय के छात्रों द्वारा रैली निकाली गई इस दौरान कम मतदान वाले कौरीनभाटा क्षेत्र के लोगों को बारह नवंबर को अनिवार्य रूप से वोट डालने की अपील की गई अब्दुल कलाम जयंती कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दल कलाम की जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि दे रहा है उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम एक असाधारण गुरू अद्भुत प्रेरक और प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि डॉक्टर कलाम एक स्वप्नदर्शी वैज्ञानिक और लोकप्रिय राष्ट्रपति थे केंद्रीय सुचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि डॉक्टर कलाम एक प्रख्यात वैज्ञानिक के साथ साथ एक स्वप्नदृष्टा नेता थे अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस आज अंतराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जा रहा है इसके अंतर्गत ग्रामीणों की आजीविका में सुधार के साथ ही उनके संपूर्ण विकास को बढ़ावा देने में महिलाओं और बालिकाओं की अहम भूमिका को मान्यता दी जाती है इस साल अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस का विषय टिकाऊ ढांचागत व्यवस्था के साथ साथ पुरूषों और महिलाओं के बीच समानता तथा ग्रामीण महिलाओं और बालिकाओं का सशक्तिकरण है कांग्रेस बसपा दौरा प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न दलों के स्टार प्रचारकों की सभाओं का दौर शुरू हो गया है इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आगामी बाईस अक्टूबर को एकदिवसीय दौरे पर रायपुर आएंगे और किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे इधर बहुजन समाज पार्टी ने राज्य में पार्टी की सभाओं को संबोधित करने वाले स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है इस सूची में चालीस प्रचारकों को जगह दी गई है वहीं बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती प्रदेश के अलग अलग जिलों में छह सभाओं को संबोधित करेंगी जिसके लिए छत्तीसगढ़ बसपा ने सूची जारी कर दी है जारी सूची के अनुसार चार नवंबर को डोंगरगढ़ और भिलाई सोलह नवंबर को जांजगीर तथा रायपुर और सत्रह नवंबर को नवागढ़ तथा कसडोल में सुश्री मायावती सभा को संबोधित करेंगी भाजपा बैठक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन ने आज रायपुर स्थित पार्टी के एकात्म परिसर कार्यालय में चुनाव अभियान में जुटे विभिन्न समितियों की बैठक ली उन्होंने समिति के सदस्यों को प्रभावी तरीके से चुनाव कार्य में जुटने के लिए प्रेरित किया सिंहदेव पत्रकारवार्ता प्रदेश कांग्रेस की चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष टीएस सिंहदेव ने कहा है कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो एक ऐसी स्वास्थ्य योजना लाई जाएगी जिसमें प्रदेश के सभी नागरिक शामिल होंगे और जिसमें मुफ्त इलाज की कोई सीमा नहीं होगी आज रायपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था शासकीय आधारित होगी श्री सिंहदेव ने ये भी वादा किया कि पीडीएस की सुविधा भी सभी के लिए होगी गौरतलब है कि नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव कांग्रेस के घोषणापत्र का मसौदा तैयार करने के लिए रायपुर में अलग अलग समूहों से मिल रहे हैं उन्होंने इसी कड़ी में आज पत्रकारों से मुलाकात की माओवादी घटना नारायणपुर जिले में आज माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में पुलिस ने भरमार बंदूक सहित टिफिन बम बरामद किया है मिली जानकारी के अनुसार पुलिस का दल तलाशी अभियान पर निकला था इस दौरान बालेबेड़ा के पास माओवादियों ने पुलिस देल पर घात लगाकर हमला कर दिया पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी पहाड़ी की आड़ लेकर भाग निकले पुलिस ने घटनास्थल से दो टिफिन बम दो भरमार बंदूक और डेटोनेटर सहित दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की हैं इधर इसी जिले के अबूझमाड़ के सोनपुर में पुलिस ने शांतिपूर्ण मतदान और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए नया शिविर स्थापित किया है इस शिविर के खुलने के बाद ग्रामीणों ने माओवादियों द्वारा छपाई गई सत नग भरमार बंदूक पुलिस को सौंपी हैं बीएसपी हादसा भिलाई इस्पात संयंत्र में हुए हादसे में झुलसे एक और कर्मचारी की इलाज के दौरान मौत हो गई जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर अब चौदह हो गई है मृतक एनके पटेल दमकल विभाग में पदस्थ था जो कि हादसे में सत्तर प्रतिशत झुलस गया था गौरतलब है कि बीते नौ अक्टूबर को भिलाई इस्पात संयंत्र के कोक ओवन के ग्यारह नंबर बैटरी काम्पलेक्स में सुधार कार्य के दौरान विस्फोट होने से बारह कर्मचारियों की मौत हो गई थी नारायणपुर मीडिया सेंटर प्रदेश का पहला जिला स्तरीय मीडिया सेंटर नारायणपुर में स्थापित हुआ है जिला निर्वाचन अधिकारी टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि यह मीडिया सेंटर कार्यालयीन दिवसों पर बारह महीने खुला रहेगा उन्होंने बताया कि मीडिया प्रतिनिधियों को अपने समाचार संस्थानों में फोटो मेल करने दो कम्प्यूटर प्रिंटर और स्कैनर की व्यवस्था की गई है साथ ही बेहतर नेट कनेक्टिविटी के लिए तीन टेलीफोन लाइनें भी लगाई गई हैं

उन्होंने बताया कि इंटरनेट बंद होने पर फैक्स मशीन की सुविधा भी दी गई है

रायगढ़ जिले के खरसिया में कल अपहित हुए बच्चे का शव आज पुलिस ने बरामद किया है इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है महर्षि पंडित गुणवंत माधवलाल व्यास की पुण्यतिथि पर आगामी बीस अक्ट्बर को रायपुर के वृंदावन हॉल में स्वरांजली सभा का आयोजन किया जाएगा